इस बीच महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक गतिविधियों के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस और शिवसेना यह सबित करने में लगे हैं कि देवेंद्र फड़णवीस की भाजपा सरकार अल्पमत में है इन दलों ने सरकार बनाने के लिए अपने दावे का पत्र राज्यपाल को भेज दिया है और शक्ति प्रदर्शन करते हुए कल मीडिया के सामने अपने समर्थक विधायकों को पेश किया

इससे पहले कल सुबह तीनों दर्लो के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजभवन को एक पत्र सौंपा जिसमें कहा गया कि देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के फ्लोर टेस्ट में विफल होने के बाद उनके गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए उधर महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो ने इन खबरों का खंडन किया है कि उसने एनसीपी नेता और वर्तमान उप मुख्यमंत्री अजित पवार के खिलाफ चल रहे मामलों को बन्द कर दिया है

वहीं जयपुर मेट्रो ने गरीब तबके के बच्चों को आज एक खास सौगात दी है निजी स्कूलों में पढने वाले ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जिनका आरटीई के तहत प्रवेश हुआ है वे जयपूर मेट्रो में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी आज संविधान दिवस के उपलक्ष में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद इस बैठक को संबोधित करेंगे इस अवसर पर राष्ट्रपति संसद के केंद्रीय हॉल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक डिजीटल प्रदर्शनी का उदघाटन करेंगे

न्यायालय ने कल केन्द्र सरकार से कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए स्मॉग टावर लगाने के बारे में दस दिन के अन्दर फैसले की जानकारी दे

केन्द्र ने इस मामले में भेजे गये राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है ये कॉलेज सवाई माधोपुर झुंझुनू हनुमानगढ़ टोंक और दौसा में खुलेगे

कल शाम पीराराम की पार्थिव देह बाडमेर पहुंची थी